केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा सरकार ने प्रकृति के पंचतत्वों के संरक्षण के वास्ते एक सौ दो शहरों के लिए स्वच्छ वायु कार्यक्रम किया तैयार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अयोध्या में पर्यटन की है असीम संभावनाएं केन्द्र और प्रदेश सरकार पर्यटन से जुड़ी कई योजनाओं पर कर रही है काम उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की सड़क दुर्घटना मामले की सी बी आई जांच में आई तेजी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा सांसदों से कहा है कि वे मंत्री या सांसद अथवा किदायक बनने के बाद भी जमीनी कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहें कल नई दिल्ली में भाजपा सांसदों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला अम्यास वर्ग का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा एक संगठित दल है संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से बताया कि पार्टी किसी पारिवारिक विरासत से नहीं बल्कि विचाखारा से यहां तक पहुंची है सीखने की प्रक्रिया सारी विंदगी जारी रहती है यही उनका संदेश था पार्टी एक परिवार है और इस पारिवार में कार्यकर्ता सबसे अहम है भाजपा अपनी विचास्वारा और आदशों के कारण आगे बढ़ रही है न कि किसी एक परिवार की विरासत के तौर पर भाजपा टीम एक संगठित संस्था है न कि जोड़ तोड़ कर बनाई हुई संस्था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी सांसदों से कहा कि वे उम्र की परवाह किए बिना एक विद्यार्थी की तरह सीखते रहें कार्यशाला को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया इस प्रशिक्षण सत्र का आयोजन पार्टी सांसदों में अनुशासन की भावना पैदा करने और संसद के भीतर तथा बाहर उनका आचरण एक जैसा रखने के उद्देश्य से किया गया है प्रघानमंत्री मोदी आज समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे

उन्होंने कहा कि अग्रदूत गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक कर सकता है और सलाह र्द सकता है वेंकैया नायडू कल नई दिल्ली में पोषण पुरस्कार समार्राह में बोल रहे थे उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जैसी अन्य योजना कूपोषण से जुड़ी समस्याओं को हल कर सकती है उन्होंने कहा कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं पर विशेष घ्यान देने और अधिक र्स अधिक शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के विकास के लिए नई पीढ़ी के नागरिकों को आगे आना चाहिए सुचना और प्रसारण तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि केन्द्र सरकार के पहले पचास दिन के कार्यकाल में सभी किसानों को पेंशन पाने का हक दिया गया है और उन्हें न्यूनतम वेतन की भी गारंटी दी गयी है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों का ध्यान रख रही है

इसकी भी व्यवस्था की है अच्छे बीज शैक्षिक संस्थान का निर्माण होने के लिए उनका सिलेक्शन करना जरूरी था

आकाशवाणी के बारे में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह कई वर्षों से एक विश्वसनीय संस्था बनी हुई है उन्होंने कहा कि रेडियो की पहुंच देश के हर कोने में है और लोग इसे पसंद करते हैं उन्होंने कहा कि रेडियो को सूचना और मनोरंजन दोनों का माव्यम होना चाहिए प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा कि सरकार एफएम स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और इसमें निजी एफएम भी शामिल होंगे मुझे लगता है हम तो रेडियो को हर एक के हाथ में मोबाईत में रेडियो पूरा सुनेगा इसके लिए एफएम का विस्तार आकाशवाणी का भी विस्तार प्राइवेट प्लेयर्स के साथ एफएप भी ऑचान तीसरा हो जल्दी तो एक नई नीति कारगर बना रहे हैं कि दूरदर्शन समाचार पत्र और आकारावाणी तीनों मिलकर जीवन को समृद्ध भी बनाएं आनंदी भी बनाएं और बहुत सारी जानकारी भी देते रहें केंद्रीय मंत्री ने पर्यावरण के बारे में कहा कि सरकार ने एक सौ दो शहरों के लिए स्वच्छ वायु कार्यक्रम तैयार किया है क्योंकि साफ हवा हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है उन्होंने यह भी कहा कि सरकार प्रकृति के पंचतत्वों के संरक्षण के प्रति वचनक्द्व है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में पर्यटन की असीम संभावनाएं है उन्होंने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार अर्योध्या में पर्यटन से जुड़ी कई योजनाओं पर कार्य कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या हम समी की आस्था का प्रतीक है और इस आस्था का सम्मान होना चाहिये वह कल अयोध्या में रामजन्म भूमि न्यास के पूर्व अध्यक्ष व दिगम्बर आखाड़ा के महंत रामचन्द्र दास परमहंस की सोलहवीं पुण्य तिथि पर उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित करने के बाद आयोजित समा को संबोधित कर रहे थे श्री योगी ने कहा कि महंत परमहंस जी ने अर्योध्या के विकास को लेकर जो सपना संजोया था उसे हर हाल में पूरा किया जायेगा अयोष्या हम सब की व्यापक आस्था का प्रतीक है और इस आस्था को सम्मान होना चाहिए इसी में प्रदेश दर्शन में रामायण सर्किट की स्थापना का कार्यक्रम केन्द्र सरकार के द्वारा किया गया है उस पर निरंतर कार्य चल रहा है राज्य सरकार ने भी पर्यटन विकास के लिए सारी संभावनायों को आगे बढ़ाने के साथ ही अयोध्या के अंदर का समग्र विकास राम पैसी में प्रण्य जो अपनी पावन सरयू की धारा का प्रवाह हो सके इस पर कार्य योजना बन रही है यहां पर आधुनिक बस स्टेशन का निर्माण हो रहा है यहां पर जितने मी बिजली के तार नंगे थे उन सबको अंडरप्राउंड केविलंग के माध्यम से यहां की सड़कों का चौड़ीकरण होने के साथ ही यहां की समग्रर विकास की कार्य योजना जो सरकार ने बनाई है पर्यटन विकास के लिए संगावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भगवान रम की प्रतिया की अस्थापना भी हो रामायण पर आवारित और अयोध्या के परमपरा से स्थापना से लेकर के आज तक की अयोध्या को भी हम म्यूपियम के माध्यम से आने वाले श्रद्दालुओं और आने वाली पीद्री को उपलब्ध करा सके इन सब चीजों पर व्यापक कार्य होने जा रहा है मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान अयोध्या में भगवान श्रीराम की विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा के प्रस्तावित स्थल का भी निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने रामायण सर्किट के अन्तर्गत नवनिर्मित अतिथि गृह का लोकार्पण और गुप्तार घाट में निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण भी किया प्रदेश की राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने आम लोगों के लिये मंगलवार और बृहस्पतिवार को अपरान्ह चार से छह बजे के बीच राजमवन खोलने के निर्देश दिये हैं उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि सभी विद्यालय पूर्व सुचना देकर अपने छात्र छात्राओं के साथ सोमवार से शनिवार तक राजमवन देखने आ सकते हैं इसी क्रम में कल लखनऊ के श्री सत्य साई बाबा पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने राजमवन का भ्रमण किया राजमवन भ्रमण पर आने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्यपाल को धन्यवाद दिया उन्नाव दृष्कर्म पीड़िता की सड़क दुर्घटना मामले की सीबीआई तेजी से जांच कर रही है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी को जांच जल्दी पूरी करने के सख्त निर्देश दिये हैं रायबरेली में पिछले रविवार को हुई कार ट्रक की टक्कर में दो महिलाओं की मौत हो गई थी इस दुर्घटना में दुष्कर्म पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गये थे हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले की जांच के लिए एजेंसी की कई टीमें गठित की गई हैं रायबरेली सड़क दुधर्टना के ट्रक चालक और क्लीनर को तीन दिन की रिमांड पर लेने के बाद सीबीआई के जवानों ने उन दोनों से गहन पुछताछ की वहीं स्पेशल सेन्टर फॉरेन्सिक साइस लैबोरेट्री सीएफएसएल टीम ने दोबारा रायबरेली में दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया और जानकारी हासिल की सीबीआई की एक अन्य टीम ने लखनऊ के ट्रॉमा सेन्टर पहुंचकर पीडिता और उसके वकील के बारे में जानकारी प्राप्त की

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ इस मामले में भाजपा के निष्कासित विवायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित नौ लोगों तथा पन्द्रह से बीस अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है र्ष में से शराब की दुकानों पर एम आर पी से अधिक मूल्य पर शराब बेचे जाने पर अब कड़ी कार्रवाई की जायेगी प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भूत रेड़वी ने बताया कि शराब की दुकानों पर शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक पर दिक्री करने एवं प्रवर्तन कार्य में शिथिलता पाये जाने पर उप आबकारी आयुक्त जिला आबकारी अविकारी तथा आबकारी निरीक्षक की लापरवाही मानी जायेगी